शिमला के राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में प्रदेश महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कल उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय अध्ययन पद्धतियों की सुविधा प्रदान करने की जरूरत भी बताई जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने के लिए प्रयासरत्त है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां जनसंख्या अनुपात में कर्मचारी सर्वाधिक हैं इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी अपने विचार व्यक्त किए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किसानों से प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन के रूप में अपनाने का आह्वान किया है ताकि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती की दिशा में एक आदर्श राज्य बनकर उभरे वे कल सोलन जिले के नालागढ़ में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के सम्बंध में आयोजित किसान परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्राकृतिक खेती भारत की प्राचीन कृषि पद्धति है और इसे अपनाकर वास्तविक अर्थो में किसान को ख्शहाल और आमजन को स्वस्थ बनाया जा सकता है

अधिक्षण अभियंता रोहित दुबे ने कहा कि बर्फबारी के चलते इन योजनाओं को काफी नुकसान हुआ था उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिखाए गए साहस की भी सराहना की अभियान नेहरू युवा केंद्र कुल्लू ने कल स्वच्छता अभियान का आयोजन किया इस अभियान में जिले के ग्रमीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों और झुग्गी झोंपड़ी वालों को स्वच्छता के बारे में घर घर जाकर जागरूक किया गया इस दौरान नेहरू युवा केंद्र और स्वयं सेवीयों ने समर्पण संस्था के बच्चों को खेल सामग्री भी वितरित की एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर हिमाचल प्रदेश को कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिलने की खबर को आज अधिकतर समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है कृषि क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए हिमाचल को मिला कृषि कर्मण्य प्रस्कार दिव्य हिमाचल के शब्द हैं खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी दो में देश भर में मिला तीसरा स्थान दैनिक भास्कर ने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को दिया एक करोड़ रूपये का कृषि कर्मण्य पुरस्कार दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है कृषि मंत्री डॉक्टर मारकंडा व प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने प्राप्त किया पुरस्कार आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को मिला कृषि कर्मण्य पुरस्कार

वहीं दैनिक जागरण लिखता है विंटर कार्निवाल के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री का विपक्ष पर पलटवार बोले पांच साल से ज्यादा चलेगी मेरी नाटी हिमाचल दस्तक की एक खबर है बेटियों को तोहफा प्रवेश परीक्षा में अब नहीं देना होगा शुल्क अधिसूचना जारी पंजाब केसरी के शब्द हैं महिलाओं को प्रवेश परीक्षा शुल्क में मिलेगी छूट इसी समाचार पत्र का कहना है जन्मदिन पर जनता से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री जयराम शाह की रैली में सुरक्षा में हुई चूक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है रैली के दौरान तेंजिन अस्पताल की एंबुलेंस महिला मरीज को लेकर आईजीएमसी जाने के लिए पहुंच गई थी रिज पर